और पटना गया औरंगाबाद समेत राज्य के कई जिलों में छाये रहेंगे बादल

नाथनगर बेलहर सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा और किशनगंज विधानसभा उपचुनाव तथा समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जायेंगे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष उपचुनाव के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गयी है कल शाम से चुनाव प्रचार थम गया है इसके बाद आज से उम्मीदवार घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि तीन हजार दो सौ अट्ठावन ब्रथों पर बत्तीस लाख सताईस हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे सुरक्षा की दृष्टि से सभी बूथों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है समस्तीपुर लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र में आठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में है

जिसमें समस्तीपुर के बीस बेलहर के तीन नाथनगर के बारह दरौंदा के चार सिमरी बख्तियारपुर के आठ और किशनगंज के छह बूथ शामिल हैं दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने सभी मतदान केन्द्र पर व्हील चेयर भी रखने का निर्देश दिया है द्रष्टिहीन मतदाताओं के लिए ईवीएम में ब्रेल लिपि की सुविधा होगी उन्हें एक सहयोगी भी साथ ले जाने की छूट होगी आयोग ने शंतिपूर्ण मतदान के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है जो आज दोपहर बाद से काम करने लगेगा

राजधानी पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में डेंगू का प्रकोप जारी है पीएमसीएच में कल डेंगू से एक दस साल के बच्चे की मौत हो गयी जबकि वैशाली जहानाबाद और मुजफ्फरपुर समेत राज्य के विभिन्न अस्पतालों में तीन हजार से अधिक डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है पिछले छत्तीस घंटों के अंदर पटना में एक सौ छियासी मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है इनमें से एक सौ पांच पटना के जबकि अन्य मरीज नालंदा रोहतास जहानाबाद और गया जिले के हैं विभिन्न निजी अस्पतालों में भी डेंगू के कई मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहीं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्कूलों में डेंगू से बचाव करने का निर्देश दिया है परिषद ने स्कूलों को अपने परिसरों को भी साफ रखने का निर्देश दिया है इधर डेंगू मरीजों का इलाज अब आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत भी किया जायेगा इसके लिए पंचायतों में स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए मुफ्त शिविर लगाया जायेगा पटना गया औरंगाबाद समेत राज्य के कई जिलों में छाये रहेंगे बादल मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण मध्य बिहार सहित राज्य के क्छ हिस्सों में आज भी बारिश की सम्भावना बनी हुई है मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश और झारंखड के ऊपर से चक्रवातीय हवा का क्षेत्र बना हुआ जो दक्षिण मध्य बिहार के जिलों से होकर गुजर रहा है जिसके बारण बारिश हो रही है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि गया भागलपुर और मुजफ्फरपुर में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी न्यूनतम तामपान सामान्य से साढ़े चार डिग्री सेल्सियस अधिक है वहीं पटना में एक दशमलव आठ और गया में सात मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी मुजफ्फरपुर जिले में आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों में जांच के दौरान खतरनाक रसायन सीसा मिला है जिसके बाद कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी से स्वीकृति के बाद अहियापुर बाजार समिति के तीन थोक विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदामा चौधरी ने बताया कि बाजार से तीन प्रकार की मछलियों के नमूने तीन थोक विक्रेताओं से लिये गये थे जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी है बेगूसराय जिले के रहने वाले रजनीश भास्कर भारोत्तोलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रेफरी के रूप में चयनित किये गये है वहीं राजधानी के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रही सत्तरहवीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केट बॉल प्रतियोगिता के लीग मुकाबले में बिहार की लड़कियों ने लगातार द्रसरी जीत दर्ज की है बिहार की टीम ने उत्तराखंड को बीस के मुकाबले छियालीस अंकों से पराजित कर दिया इसके साथ ही तमिलनाडु पंजाब राजस्थान और बंगाल की टीम ने भी अपने अपने मैच जीत लिये इधर बेगूसराय में राज्य स्तरीय स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता कल से शुरू हो गयी है इसमें प्रदेश के लगभग बारह सौ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं बोधगया के कालचक्र मैदान में चल रहे नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आंध्रप्रदेश के आर अरूण ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है वहीं तीन दिवसीय इंटर स्कूल एथलेटिक्स और कबड्डी प्रतियोगिता तेईस से पच्चीस अक्टूबर तक दानापुर के ईसीआर रेलवे परिसर में खेली जायेगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा है कि पुराने कार्ड पर भी पूरे देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन लोग ले सकेंगे बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आज से सिपाही चालक के छियानवे पदों पर ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे एक अधिकारी ने बताया कि लिखित परीक्षा में तीस अंक से कम प्राप्त करने वाले आवेदकों को शरीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा समस्तीपूर जिले में अपराधियों ने मौरवा उत्तरी पंचायत में गोली मारकर पिता पुत्र की हत्या कर दी पुलिस जांच में जुटी है पटना जिले के मनेर में पुलिस ने अवैध रूप से बालू लदे तीन नाव समेत चौबीस लोगों को गिरफ्तार किया है केन्द्र सरकार डिजीटल भूगतान के लिए नये भीम एप को कल शुरू करेगी सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इसमें कुछ नये फीचर भी जोड़े गये है जिनमें डोनेशन गेट वे भी शामिल है नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के गोबडीहा गांव में करंट लगने से एक दम्पत्ति की मौत हो गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है किशनगंज जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर वाहन जांच के दौरान एक कार से पुलिस ने छह लाख अड़तीस हजार रुपये जब्त किये है जमुई जिले के नरगंजो जंगल से पुलिस ने नक्सली विजय यादव के साथ तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ कमलेश तिवारी हत्याकांड को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है साथ ही रांची में चल रहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरिज में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है हिन्दु नेता की हत्या में तीन दबोचे दैनिक जागरण की बड़ी खबर है अयोध्या मामले में पक्षकारों ने कोर्ट में पेश की वैकल्पिक मांगें दैनिक भास्कर लिखता है आयुष्मान से अब डेंगू का भी इलाज पंचायतों में मुफ्त बनेगा कार्ड प्रभात खबर ने राज्य में हो रहे उप चुनाव पर शीर्षक दिया है थमा चुनाव प्रचार वोट कल अखबार आज की सुर्खी है समावेशी शिक्षा के मानदेय कर्मचारियों को भी ईपीएफ

और पटना गया औरंगाबाद समेत राज्य के कई जिलों में छाये रहेंगे बादल